प्रदेश में कल से स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस के लक्षणों की देंगे जानकारी

इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है

शिमला से जारी आज एक बयान में उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों द्वारा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी मदद के लिए कॉल कर सके मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचली लोग किसी भी तरह की सहायता के लिए राज्यों द्वारा स्थापित नम्बरों पर कॉल कर सकते हैं जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए गए आपदा नियंत्रण कक्षों का टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात सात है और भोजन व आश्रय संबंधी सहायता के लिए लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी

उन्होंने ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बीमारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती उपायों की जानकारी भी ली महेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है उन्होंने बाहरी राज्यों के सभी मजदूरों को ज़िले से बाहर पलायन न करने की अपील की है उधर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज कुल्लू ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक वस्तुओं सहित फल सब्जियों और दवाईयों की उपलब्धता का ब्यौरा लिया

इधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिला के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में कोरोना वायरस के संबंध में जिला अधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंधों की समीक्षा की और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि इस विश्वव्यापी संकट के समय सभी को मिलकर गम्मीरता से कार्य करना है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि श्रमिकों व अन्य क्षेत्रों में जाने वाले लोगों के पलायन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है उन्होंने बाहर से आने वाले व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए

इस अवसर पर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे

उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों को अभी तक दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन में रखा हुआ है

उधर चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने इन लोगों से संपर्क कर इन्हें दिल्ली में ही उचित स्वास्थ्य परामर्श लेने के निर्देश दिए हैं उन्होंने इन लोगों को चम्बा न आने को कहा है उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन द्वारा ये जांच की जा रही है कि कोई अन्य लोग निजामुदीन से चम्बा तो नहीं पहुंचे हैं

संदीप कुमार ने कहा कि किसानों को फसल कटाई पर कोई रोक नही है लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है उधर लाहौल स्पीति ज़िला प्रशासन ने किसानों को फसलों की बिजाई शुरू करने की छूट दी है उपायुक्त केके सरोच ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है

उन्होंने इस राशि का चैक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट किया

वहीं कामधेन् हितकारी मंच बिलासपुर ने पीएम केयर्ज फंड में पांच लाख रूपये का अंशदान दिया है मंच के अध्यक्ष नानक चंद ने बताया कि मंच से जुड़े साढ़े चार हजार परिवारों ने स्वेच्छा से ये राशि प्रदान की है

कुल्लू में अन्नपूर्णा चैरिटेबल सोसायटी ने प्रवासी मजदूरों को पैक्ड भोजन वितरित किया

आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रभारियों को साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही

इससे पूर्व बिंदल ने कालाअंब में स्थापित कोरोना क्वारंटाइन केन्द्र का दौरा कर सुविधाओं का जायज़ा लिया

इस विस्तारित अवधि में भी बैंकों से लिए फसल ऋण पर दो प्रतिशत की ब्याज छूट और तीन प्रतिशत का शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन लाभ मिलेगा

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले